वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से लखनऊ में तीन दिवसीय कृषि कुंम का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने दो हजार बाईस तक किसानों की आय दोगुनी करने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई

किसानों की आय बढ़ाने के लिए कम लागत अधिक लाग इस नीति पर वलते हुए खेती में यैज्ञानिक तरीकों का अभूतपूर्व समावेश किया जा रहा है प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के किसान अपनी भूमि के सर्वाधिक इस्तेमाल के लिए सौर पम्प और सौर पैनल जैसी नई तकनीकें अपना रहे हैं खेतों में सोलर पम्प लगाने का अनियान है इससे किसानों को एक तो मुफ्त बिजली मिलेगी दूसरा जरूरत के अतिरिक्त जो बिजली पैदा होती है उसको वो बिजली वितरण कंपनियों को बेव भी पाएंगे कल जो हमारा किसान अन्नदाता था वो आज रूजादाता भी बनने की संभावना पैदा हो गई है श्री मोदी ने कहा कि नई तकनीकों से देश में खेती का स्वरूप बदलने लगा है कृषि कुंम आने वाले दिनों में किसानों के लिए नये अक्सर लाएगा कुम्म एक तरह से मानवता का विचार का विमर्श का एक अनंत अंतर्रवाह है मुझे विश्वास है कि इसी परम्परा इसी भावना को ये कृषि कुम्म साकार करेगा और आने वाले तीन दिनों में कृषि क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए तकनीक और अन्य अक्सरों का नया रास्ता खोलेगा प्रधानमंत्री ने कहा कि हरित क्रांति के बाद अब हम स्वेत मधु और नीली क्रांति की ओर बढ़ रहे हैं उन्होंने कृषि वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों का आह्वान किया कि वे इस अवसर का इस्तेमाल टैक्नालोजी से संबंधित समाचान दूंढने में करें ताकि किसानों और पर्यावरण दोनों को फायदा हो केन्द्रीय कृषि मंत्री राघा मोहन सिंह कृषि राज्यमंत्री कृष्णा राज बिहार के कृषि मंत्री प्रेम कुमार और उत्तराखंड के कृषि मंत्री सुबोघ उनियाल भी इस अवसर पर मौजूद थे हमारे संवाददाता ने बताया है कि तीन दिवसीय कृषि कृष मेले में हरियाणा और झाखंड सहयोगी राज्य के रूप में और जापान तथा इस्राइल सहयोगी देश के रूप में हिस्सा ले रहे हैं केन्द्रीय महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने वुमेन ऑफ इंडिया नेशनल आर्गेनिक फेस्ट का आज नई दिल्ली में उद्घाटन किया पांचवी बार आयोजित हो रहा यह मेला चार नवम्बर तक चलेगा मीडिया से बातवीत में श्रीमती मेनका गांधी ने कहा कि देश भर की महिला किसान और उद्यमी इस मेले में अपने उत्पाद बेच रही हैं श्रीमती गांधी ने बताया कि एक एडिसन किया गया है जो सबसे बड़ा है इसमें करीब चार सौ कम्पनीज ग्रप्स एनजीओ ग्रपिंग्स आए हैं उन्होंने बताया कि बताया कि इस मेले में तीन करोड़ रूपये का कारोबार होने का अनुमान है प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने आज दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के सैंतीसवें दीक्षान्त समारोह की अव्यक्षता की विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति श्री नाईक ने विश्वविद्यालय के सत्र दो हजार सत्रह अट्ठारह के छात्रों को दीक्षोपदेश देते हुए योग्यतानुसार स्नातक स्नाकोत्तर और पीएच डी की उपाधि प्रदान की इस अवसर पर मुख्य अतिथि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंघान संस्थान इसरो के अव्यक्ष के सिवन ने युवाओं से बातचीत में गलतियो उपेक्षाओं और असफलताओं को उन्नति और विकास के लिए सबसे आवश्यक बताया है उन्होंने कहा कि यह कत्तई न सोवे कि आपके विचारो को क्रेजी कहेंगे या एक्सीलेंट बस अपने विचारो को प्रयोग की शक्ल देने और उनके परिवर्तन के लिए सोचें देश के विकास के लिए श्रोव और अनुसंघान को आवश्यक बताते हए उन्होंने युवाओं से कहा कि साइंस टेक्नॉलाजी और इनोवेशन देश के विकास के लिए आवश्यक तत्व है दीक्षांत समारोह में पचास मेघावियों को स्वर्ण एवं स्मृति पदक प्रदान किया गया विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर वीके सिंह ने भी समारोह को सम्बोधित किया प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज गोरखपुर में भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए कहा कि दो हजार उन्नीस में प्रघानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दो हजार चौदह से भी बड़ी जीत दर्ज करेंगे सीबीआई प्रकरण पर कांग्रेस के धरने के सवाल पर उपमुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सत्ता से बेदखल होने के बाद फिर वापसी के लिए बेवैन है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबसे ईमानदार सरकार कार्य कर रही है जो गलत करेगा उसपर कार्रवाई होगी अयोध्या में राममंदिर मुद्दे पर उन्होंने कहा कि मन्दिर निर्माण का मामला सर्वोच्च न्यायालय में है